पुणे के रहने वाले चिराग ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है जबकि कनिष्का मित्तल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में सत्रहवां स्थान हासिल किया है इधर धनबाद की रहने वाली अनुष्का ने एक सौ सतहत्तरवां रैंक हासिल कर झारखंड टॉप किया है वहीं रांची के दयाल पांडेय को दो सौ उनसठवां रैंक मिला है

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है उन्होंने अपने कई टवीट में अपनी अपेक्षा को अनरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया है कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में नौ सौ तैंतीस कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं नौ सौ सात मरीज ठीक हए हैं

इसमें दस हजार नौ सौ छत्तीस सक्रिय केस हैं अब तक पचहत्तर हजार पांच सौ एकतीस मरीज ठीक हुए हैं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

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

मतदान के दौरान विधि व्यवस्था चुस्त द्रुस्त रखने के लिए उपायक्त राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बेरमो एसडीओ के कार्यालय में मैराथन बैठक की बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मतदान केंद्रों में अर्ध सैनिक बल तैनात करने की रणनीति बनाई गई इसके साथ ही अर्द्दसैनिक बल और जिला पुलिस संयुक्त रुप से नक्सलियों के खिलाफ सघन सर्च अभियान चलाने का निर्णय लिया गया उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया है कि बेरमो विधानसभा के समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शांति और सौहार्दपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में पीड़िता एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के निकट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उराँव के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया गया इस मौन सत्याग्रह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश राजेश ठाकुर मानस सिन्हा संजय लाल पासवान आलोक दुबे लाल किशोरनाथ शाहदेव और कार्यक्रम प्रभारी रविन्द्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि इसमें शामिल एक सौ सतहत्तर सतत विकास लक्ष्य और एक सौ उनहत्तर नियोजित कार्य सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देशभर में प्राणि उद्यानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा तांकि चिड़ियाघर देखने जाने वाले लोगों के अनुभव बेहतर हो सकें

पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के साथ ही ऑटो भी जप्त कर लिया

सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने लंबे समय से जिले में सक्रिय और चोरी की घटनाओं को अंजाम देनेवाले अंतरराज्यीय गिरोह के छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार चोर गिरोह के तार कोल्हान समेत पड़ोसी राज्य ओड़िशा से भी जुड़े हुए हैं देवघर जिले की साइबर पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर सोनाराय ठाड़ी थानाक्षेत्र के दामाकुंडा जरिया और जमुआ गावों में छापेमारी कर ग्यारह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

दक्षिण पूर्व रेलवे ने चार चरणों में छियालीस रेलगाड़ियों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली है

पहले चरण के रेल परिचालन की योजना को धरातल पर उतार दिया गया है और दूसरे चरण के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टोड रिलीज ऑफ टॉरपेडो स्माडर्ट का सफल परीक्षण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ तथा इस अभियान से जुडे अन्य लोगों को बधाई दी है जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत मंझलाडीह गांव के पास सफेद मिट्टी खनन के दौरान चाल धसने से मिट्टी से दबकर तीन महिलाओं की मौत हो गई तीनों का शव बरामद कर लिया गया है उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि गांव वालों के अनुसार चार महिलाओं के दबने की आशंका है

एनडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा

संक्षिप्त खबरें सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में कोयल नदी की तेज धार के बीच चट्टान पर फंसे एक ग्रामीण को रांची से पहुंची एनडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया प्रखंड के रामजोल गांव का निवासी विल्सन मड़की कोयल नदी में मछली मारने गया था और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंस गया था गोड्डा के उपायुक्त और प्रलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना तथा रौहतारा चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया